सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल सत्ताईस मई दो हजार उन्नीस को समाप्त होगा आंध्र प्रदेश ओड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अटठारह जून ग्यारह और पहली जुन को होगा सुत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी चुनाव कराने की संभावना है जो अपनी अवधी समाप्त करने से पहले ही पिछले महिने भंग हुआ था

इस अवसर पर श्री खाण्डू ने मोटर परिवहन कर्मियों से पर्यटकों से अच्छा व्यवहार ईमानदारी और अतिथि सरकार के साथ पेश आने की अपील की उन्होंने कहा कि पर्यटको का हमारे राज्य के प्रति पहला प्रभाव हमारे व्यवहार और आचरण से बनेगा श्री खाण्डू ने कहा कि अगर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते है तो हम सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि टेक्सी सेवा की मांग हवाई सेवा के शुरु होने के साथ बढ़ेगी और रेल सेवा से जो अभी सुचारु रुप से चल रहा है मुख्यमंत्री ने परिवहन कर्मियों से ग्राहकों से अधिक चार्ज नही करके और उन्हें परेशान न करके टेक्सी व्यवसाय को अच्छी प्रतिष्ठा देने को कहा

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोमवार को श्री फेलिक्स ने यह जानकारी दी इस अवसर पर उन्होंने संबंद्व अधिकारियों से जानवरी तक निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने और संबद्ध व्यक्तियों को कार्य को सौपने कि हिदायत दी ताकि महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क सीमा के निष्पादन में देरी न हो फ्लेग्शिप कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए श्री फेलिक्स ने विभाग से राज्य के हित में सावधानीपूर्वक योजना बनाने और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने को कहा

चिम्पू स्थित श्रवण और दृष्टिहीनो का विद्यालय दोन्यी पोलो मिशन स्कूल में कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राज्यपाल ने शरीक होते हुए यह बात कही दिव्यांगो के अधिकार विधेयक दो हजार सोलह का संसद में पारित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया की अलग रुप से सक्षम व्यक्तियों के लिए नई योजनाए सुविधाए और आरक्षण नियमित रुप से लाया जाए

चौतीस दुकाने जिसमें किराने और सब्जी की दुकान शामिल थी आग के लपेटे में पुरी तरह नष्ट हो गया बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नही है अभी तक आग के लगने के कारण का पता नही चल पाया है और पता लगाने के लिए जांच पड़ताल चल रहा है ईस्ट सियांग उपायुक्त तामियो तातक व अन्य अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक कालियं मोयोंग ने इस हादसे को दुर्भाग्यपुर्ण बताते हुए जिला प्रशासन से पिड़ितों को हर मुमकिन मदद और मुआवजा देने की अपील की

एपेक्स बैंक स्टाफ का नेतृत्व करते हुए मंत्री बामंग फेलिक्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री को एक लाख सैतीस हजार आठ सौ बाईस रुपया सौंपा विचार विमर्श के दौरान एपेक्स बैंक कर्मचारियों ने विकास वेतन और छात्रवृत्ति के लिए चिनहित सरकारी फंड को एपेक्स बैंक में पार्क करने को कहा ताकि बैंक के लेन देन को बढ़ाया जा सके

निरुपण में दावा किया गया है कि शिक्षा विभाग प्राईमेरी शिक्षकों पी आर टी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टी जी टी के मौजूदा भर्ती नियम को संशोधित करने पर विचार कर रहा है संघ ने नियमितकरण प्रक्रिया में टेट और गैर टेट दोनो से कुछ प्रतिशत का पालन करके टू लेग मेथड की पहल करने का सुझाव दिया